सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत देश के सभी पंचायतों को ब्राडबैंड से जोड़ने की योजना बनाई है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के लोकतंत्र सेनानियों तथा उनकी पत्नी के इलाज के लिये पांच लाख रूपये सलाना तक की सहायता देने की घोषणा की हरियाणा के प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि हरियाणा मादक पदार्थो के द्रूपयोग व अवैध तस्करी के मामले में नाज्क स्थिति में लेकिन हरियाणा प्लिस पूरी तरह सतर्क प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दशकों के बाद बह्मत वाली सरकार एक वार फिर पूर्ण बह्मत के साथ सत्ता में आई है प्रधानमंत्री ने राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते ह्ये कहा कि ये परिणाम लोगों की स्थिरता की इच्छा को दर्शाता है राष्ट्र के लोगों को धन्यवाद देते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की का विषय है कि इतने बड़े लोकतंत्र में मतदाता इतने जागरूक है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें द्ख होता है जब क्छ लोग कहते है भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी पार्टियों ने च्नाव जीता है पर देश और लोकतंत्र हार गया है उन्होंने ऐसे वक्तव्यों को दूर्भाग्यपूर्ण बताते है कि मतदाता के फैसले पर प्रश्न उठाने चाहिए उन्होंने सवाल किया क्या कांग्रेस की हार को राष्ट्र की हार माना जाये

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्रह राज्यों में एक भी सीट नहीं जीत सकी

किसानों की बे इज्जती है उन्होंने कहा कि बीजेपी मीडिया के कारण जीती है ऐसे वक्तव्य भी बराबार के चौकाने वाले है उन्होंने कहा कि क्छ लोग सदन में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा भी उठाते है और भारतय जनता पार्टी के संसद के सिर्फ दो सांसद थे

उन्होंने कहा कि लोगों को प्रंशसा करनी चाहिए कि इतने सालों में देश की चुनाव प्रक्रिया में इतना स्धार हआ सरकार ने भारतनेट परियोजनों के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना बनाई है

भारतनेट परियोजना के तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को इंटननेट की स्विधा प्रदान की जानी है

केन्दींय दूर संचार रविशंकर प्रसाद ने संसद को विश्वास दिलाया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन लिमिटेड को लाभ कमाने वाली संस्था और प्रति स्पर्धात्मक बनाने के लिये कई कदम उठा रही है

मंत्री ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को ताल वाले टेलीफोन पर ही मूल्य वर्धित सेवायें मिलेगी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड्र ने श्री अमरनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये एक मोबाइल ऐप्लीकेशन श्रू की है इस ऐप्लीकेश्न को यांत्रिकी एंव सूचना प्रौदयोगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग दवारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है यह ऐप्लीकेशन यात्रियों को उनकी यात्रा की योजना बनाने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं मौसम की भविष्यवाणी कैसे पहंचे क्या करें और क्या न करें स्वास्थ्य सलाह सूचना और स्झाव सामान्य पूछताछ एवं ऑन लाइन हैलीकप्टर ब्किंग के लिये लिंक आदि की जानकारी देगा यात्री यह ऐप्प ग्रगल प्ले स्टोर से भी डाऊनलोड कर सकते है हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य के लोकतंत्र सेनानियों या उनकी पत्नी के इलाज के यि पांच पांच लाख रूपये सलाना तक की सरकारी सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त लोकतंत्र सेनानियों के पहचान पत्र पर आपातकालीन पीडि़त शब्द को हटाकर लोकतंत्र सेनानी लिखा जायेगा ताकि वे अपने आप को गौरवांनित महसूस कर सके मुख्यमंत्री कल देर रात आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले सत्यग्राहियों के लिये चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपातकाली के दौरान जेल जाने वाले सेनानियों को दस हजार प्रतिमाह पेंशन और परिवहनों बसों में निश्ल्क बस यात्रा की स्विधा दी जा रही है इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने श्भ्रन्योत्सना प्स्तक कैसे भूले आपातकाल का अंश का विमोचन भी किया मौन रख कर स्वर्गीय लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्वाजंलि भी दी गई मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा नशों और अपराध को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की प्रशिक्षण विधियां अपनायेगा म्ख्यमंत्री चंडीगढ़ में नशों की रोकथाम में तालमेन के लिये प्लिस महानिदेशकों की अंतर राज्यीय बैठक की सम्बोधित कर रहे थे इस बैठक में हरियाणा पंजाब चंडीगढ उत्तरप्रदेश राजस्थान उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और दिल्ली के प्लिस महानिदेशक भाग ले रहे है

म्ख्यमंत्री ने नशे को खत्म करने के लिये समाज की भागीदारी पर भी बल दिया और कहा कि बेरोज़गार युवक नशे का शिकार हो रहे है इसलिये उन्हें रोज़गार दिलाया जायेगा हरियाणा प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि हरियाणा मादक पदार्थो के द्रूपयोग व अवैध तस्करी के मामले में नाज्क स्थिति में है

उन्होंने कहा कि नशा तस्करी मे कई तरह के गिरोह सक्रिय है कई पैसा मुहैया करवाते है तो कई नशों को आम जनता तक पहुंचाते है

प्लिस महानिदेशक ने कहा कि बेशक हरिायाणा में स्थिति उतनी गंभीर नहीं है पर जो प्रवृतियां सामने आ रही है उनके मादक पदार्थो के उपयोग और अवैध तस्करी के संकेत मिल रहे है इस दिशा में उठाये जा रहे कदमों का जिक्र करते हये उन्होंने कहा कि जेल से छूटे नशा तस्करों पर नज़र रखी जा रही है हरियाणा प्लिस काफी सतर्क है और गत चार सालों मे पकड़े गये मादक पदार्थो में ढाई गुणा वृद्वि हुई है आज हरियाणा में भी नशा खोरी और नशा तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया

पंचक्ला से हमारी संवाददाता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने आम जन तक नशों के द्वष्प्रभाव का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से जागरूक्ता रैलिया निकाली सिविल सर्जन डा योगेश शर्माने बूड़न पूर और इंदिरा कालोनी से इन रैलियों को रवाना किया इन रैलियों में आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हये

पंचकूला में जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रेडक्रास सचिव अनिल जोशी ने नशे के द्ष्प्रभावों की जानकारी दी

प्लिस ने सिरसा जिले के डबवाली में गश्त के दौरान मसीना से एक व्यक्ति को एक किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है पकड़े गये व्यक्ति की पहचान हरमिन्दर सिह के तौर पर हई है और वह इसी गांव का निवासी है प्लिस ने उसके खिलाफ मामाला दर्ज कर लिया है और अफीम की आपूर्ति करने वाले तलाश की जा रही है पुलिस के अनुसार आरोपी को अदालत मे पेश कर रिमांड पर लिया जायेगा